वन मंत्री ने लोगों से पौधों की रक्षा व उनकी सही देखभाल करने की अपील की खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा गृहिणी सुविधा योजना में हर गरीब परिवार को गैस कनैक्शन देने के लिए सरकार प्रयासरत

उन्होंने लोगों से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया है इस मौके पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया

भरमौर में परियोजना सलाहकार समिति की आज हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भरमौर उपमण्डल के लिए धन की कोई कमी आड़ नहीं आने दी जाएगी उन्होंने कहा कि जिन विभागों को अतिरिक्त बजट की ज़रूरत है वे समय पर मामला एडीएम भरमौर के माध्यम से जनजातीय विकास विभाग को प्रस्तुत करें रामलाल मारकण्डा ने अधिकारियों को भी विकास कार्यों की योजनाएं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए मारकण्डा ने लोक निर्माण विभाग को भरमौर उपमण्डल के प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के निर्देश भी दिए गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने पंचायत प्रतिनिधियों महिला और युवक मण्डलों व अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से पौधों की रक्षा व उनकी सही देखभाल करने की अपील की है कुल्लू ज़िले के पिरडी बिहाल में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पौधरोपण कार्यक्रम तभी सार्थक साबित हो सकते हैं जब पौधों की अच्छी तरह देखभाल व रक्षा की जाए उन्होंने कहा कि बरसात के इस मौसम में वन विभाग ने प्रदेशभर में पौधरोपण कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन का रूप देने का कार्य किया है वन मंत्री ने मनाली विधानसभा क्षेत्र की नथान ग्राम पंचायत की महिलाओं को देवदार के अढ़ाई हज़ार पौधे लगाकर उनका पालन पोषण करने के लिए बधाई दी सरवीण चौघरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज ज्वालामुखी में मोबाईल एम्बूलैंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि इस एम्बूलैंस में रक्त जांच व ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया है चम्बा के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित ज़िलास्तरीय संस्कृत सम्मेलन में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में हिन्दी व संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं इस मौके पर उन्होंने एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया शी बॉक्स केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस प्रणाली को शी बॉक्स नाम दिया गया है और इसमें पंजीकृत शिकायतों को संबंधित राज्य सरकार को जांच के लिए प्रेषित किया जाता है उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश सरकार व ज़िला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं को जागरूक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बताया कि अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान वे प्रदेश के नेताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाएंगे उन्होंने कहा कि अमित शाह प्रदेश पदाधिकारियों जिलाध्यक्षों जिला महामंत्रियों मण्डल अध्यक्षों व शिमला संसदीय क्षेत्र के ग्राम केन्द्र प्रमुखों के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करेंगे इसके अलावा उनका सोशल मीडिया स्वयं सेवी सम्मेलन को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है

अनुराग ठाकुर लोकसभा चीफ व्हिप व सांसद अनुराग ठाकुर ने कल समाप्त हुए संसद के मॉनसून सत्र को कई मामलों में ऐतिहासिक बताया है

उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों का पूरा सम्मान करती है और जेडीयू के हरिवंश का राज्यसभा उपसभापति बनना इसका उदाहरण है किशन कपूर खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला क्षेत्र में कनेड़ बरवाला पेयजल योजना के संवर्द्वन व सुधार योजना का आज शुभारम्भ किया

किशन कपूर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि गृहिणी सुविधा योजना में हर गरीब परिवार को गैस कनैक्शन मिले इस मौके पर उन्होंने बरवाला में शमशानघाट खेल मैदान व स्कूल की चार दीवारी के लिए धन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की इससे पूर्व उन्होंने धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में राज्यस्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारम्भ भी किया नरेन्द्र ठाकुर हमीरपूर से भाजपा विधायक नरेन्द्र ठाक्र ने कांग्रेस प्रभारी के भाजपा में अंतर्कल्ह के बयान को हास्यस्पद बताया है हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह एकजुट है और लोकसभा चुनावों के परिणामों से इस बात का पता भी चल जाएगा

गणेश दत्त प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने आगामी लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार युवाओं महिलाओं दलितों व समग्र जनता के विकास के लिए समर्पित है उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित देश की सभी पार्टियों में बिखराव के चलते भाजपा फिर से सत्ता पर काबिज होगी सेब सीजन् अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कुलदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश में सेब सीज़न यौवन पर है लेकिन भू स्खलन के कारण सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों के अवरूद्व होने से बागवानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इन सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए खनन जनजातीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य प्रेम कुमार नेगी ने किन्नौर के पूह उपमण्डल के जंगी नामक स्थान पर एक निजी कम्पनी द्वारा अवैध रूप से लगाए गए क्रशर प्लांट के विरूद्व कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है रिकांगपिओ में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कम्पनी द्वारा इस प्लांट से करोड़ों रूपए कमाए जा रहे हैं और खनन विभाग व ज़िला पुलिस मूकदर्शक बनी है

हालांकि आज राजधानी शिमला में हुई वर्षा के अलावा प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहे इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनज़र शिमला ज़िला उपायुक्त अभित कश्यप ने लोगों से सतलुज नदी सहित अन्य नदी नालों से दूर रहने का आग्रह किया है उन्होंने पर्यटकों से भी नदियों व नालों के समीप जाकर फोटोग्राफी न करने और चेतावनी बोर्ड को अनदेखा न करने की अपील की है

जागरूकता रैली स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आम लोगों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए कल दिल्ली से लेह थोइसे के लिए रवाना हुई भारतीय वायु सेना की कार व बाइक रैली आज मनाली पहुंची वायु सेना की पश्चिमी कमान के एयर वाईस मार्शल एके सिंह के नेतृत्व में आयोजित की जा रही इस रैली के प्रतिभागियों ने आज कुल्लू के ढालपुर चौक पर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया

श्रावण अष्टमी बिलासपुर ज़िले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी में श्रावण अष्टमी मेले के सफल आयोजन के लिए ज़िला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

उन्होंने श्रद्धालुओं से नियमों व दिशा निर्देशों का पालन करने का आहवान किया है ताकि किसी प्रकार की कठिनाई व अव्यवस्था न हो